मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों वीर नारियों और शहीद सैनिकों के परिवारजनों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने पर्वतीय कस्बों में आध्निक शौचालय और कूड़ा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था करने पर दिया जोर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने की सूचना

कारगिल दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल शहीदों को नमन किया है देहराद्न के गांधी पार्क में आज उन्होंने कारगिल शहीद स्मारक पर प्रष्प चक अर्पित कर शहीदों को नमन किया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कारगिल युद्ध देश की सेना के पराक्रम के लिए हमेशा याद किया जाएगा उन्होंने कहा कि सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही हमारी सरहदें सुरक्षित हैं वीर जवानों की शहादत का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियां होने के बाद भी देश के जवानों ने साहस और बुद्धिमता का परिचय देते हुए दुश्मनों को पराजित किया जवानों की शहादत को सलाम करते हुए श्री रावत ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के जवान हमेशा अपना सबकुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल की लड़ाई के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया उन्होंने कहा कि कारगिल ऐसा युद्ध था जब हमने अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा की संबोधन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों वीर नारियों और शहीद सैनिकों के परिवारजनों का सम्मान करती है देहरादून में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर जिले में सैनिकों से जुड़ी समस्याओं के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है जिससे सैनिकों और उनके परिजनों को सुविधा मिल रही है उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सैनिकों की समस्याओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि सरकार सैनिकों के प्रति संवेदनशील हैं उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान में राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शौर्य दिवारें बनाई गई हैं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल सके आयोजन कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपनी कुशलता साहस और धैर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को युद्ध में हराया था उन्होंने कहा कि युद्ध र्क दौरान शहीद हए सैनिकों का बलिदान देश भक्ति के प्रति संजगता का संदेश देता है

इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि देश के हर नागरिक को वीर सपूतों के बलिदान और त्याग से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए उधर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि वे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिजनों की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए उनका निस्तारण करेंगे

इन्हें बचाने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी कल देहरादून में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया बैठक में तय किया गया कि अगले तीन वर्ष के भीतर बस्तियों के नियमितीकरण या उन्हें अन्यत्र बसाने की कार्रवाई की जाएगी

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि बालिका सैनेट्री नैपकिन योजना के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रति पैकेट दो रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवा नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी द्घटना चमोली जिले में आज सुबह उर्गम से जोशीमठ आ रहा एक वाहन हेलंग के पास गहरी खाई में गिर गया

हादसे में तीन लोग लापता भी बताए जा रहे हैं दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने आईटीबीपी राजस्व और पुलिस फोर्स की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया हादसे के बाद जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद जिला अस्पताल जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पर्वतीय कस्बों में आध्निक शौचालय और कूड़ा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था करने पर जोर दिया है आज टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यो की समीक्षा लेते हुए श्री रावत ने जिलाधिकारियों को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को मुनि की रेती क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली मौसम राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है देहरादून हरिद्वार पौड़ी टिहरी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और चमोली से बारिश होने के समाचार मिले हैं देहरादून में हुई बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई और लोगों को आवाजाही करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा

भारी बारिश की संभावना के मददेनजर पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले लोगों को सर्तक रहने को कहा गया है साथ ही मौसम विभाग ने यात्रियों को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है मुद्रा योजना केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के उददेश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की है इस योजना का मुख्य मकसद स्वरोजगार उत्पन्न कर अन्य युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर निवासी मोहम्मद हनीफ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए उन्होंने बैंक से लोन लेकर स्वरोजगार शुरू किया पूर्व में वे अपने परिवार के साथ मिलकर सीमेंट के गमले बनाने का कारोबार करते थे लेकिन कारोबार में हए नुकसान से वे कर्ज में डूब गए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की जानकारी मिलने के बाद मोहम्मद हनीफ ने जिला उद्योग केंद्र में संपर्क किया सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा खानपुर से मार्जिन मनी समेत तीन लाख रुपए का ऋण मिला जिससे उन्होंने सीमेंट के गमले चूल्हे आदि बनाने का कार्य बड़े स्तर पर शुरू किया कारोबार में उन्हें काफी सफलता भी मिली आज उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत हो गई है और वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता

जनजीवन प्रभावित प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है पिथौरागढ़ जिले में तेज बारिश के कारण दो मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सुचना प्राप्त हई है वहीं चंपावत जिले में कल शाम नदी पार करते समय एक बुजुर्ग की ड्बने से मृत्यु हो गयी जबकि एक अन्य लापता हो गया हादसा उस समय हआ जब दोनों व्यक्ति लोहावती नदी पार कर रहे थे लापता व्यक्ति की खोज जारी है उधर उत्तरकाशी जिले में बारिश के कारण ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण यातायात के लिए अवरूद्व हो रहा है इसके अलावा विकासनगर बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग यमुना पुल और जददो के पास आवाजाही के लिए बाधित हो गया है वहीं बारिश और भूस्खलन के चलते राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सौ से ज्यादा मोटर मार्ग अवरूद्व हैं जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं